राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास व खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों को सभी अपना पूर्ण सहयोग देंगे

उन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से सफलतापूर्वक निपटने में प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की

उन्होंने केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेशवासियों को दिए गए लाभों का जिक भी किया हंगामा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन आज विपक्ष ने अभूतपूर्व हंगामा किया सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण आरंभ होने के कुछ ही मिनटों बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए और कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है उन्होंने राज्यपाल से अभिभाषण पूरा पढ़ने की भी मांग की इस दौरान राज्यपाल ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच अपना अभिभाषण जारी रखा और कुछ देर बाद अभिभाषण खत्म कर सदन की कार्यवाही पहली मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई राज्यपाल के राजभवन के लिए वापिस जाने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर हंगामा आरंभ कर दिया राज्यपाल जब राजभवन जाने के लिए बाहर निकले तो विपक्ष ने उनका रास्ता रोक दिया और हंगामा जारी रखा इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में उग्र हो गए और उन्होंने राज्यपाल को पहले अपनी गाड़ी में बैठने से रोका तथा उन पर अभिभाषण की प्रतियां भी फैंकी इस बीच स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मौके पर ही मार्शलों को रास्ता साफ करने के आदेश दिए ताकि राज्यपाल अपने गंतव्य की ओर जा सकें

निलंबित विधायकों में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हर्षवर्धन चौहान सुंदर ठाकुर विनय कुमार और सतपाल रायजादा शामिल हैं

इस मुद्दे पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हई उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उसमें हिम्मत है तो वह सत्तापक्ष से लड़ें उन्होंने कहा कि आज घटी घटना से देवभूमि हिमाचल शर्मसार हुई है क्योंकि जो राज्यपाल के साथ हुआ वैसा हिमाचल ही नहीं बल्कि देश में भी कहीं नहीं हुआ है मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने और उनके साथ धक्का मुक्की की घटना को सुनियोजित हमला करार दिया और कहा कि इस तरह की किसी भी घटना को सहन नहीं किया जाएगा